सोलन में आज श्रीकृष्ण मंदिर का उदघाटन करने के बाद उन्होंने कहा कि सभी को समाज और राष्ट्र के विकास के लिए ईमानदारी व समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आज के आधुनिक युग में हमें अपने धर्म और संस्कृति को बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयास करने चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत विश्व गुरू बनने के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल भी इस दौरान मौजूद रहे परमार स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा है कि राज्य सरकार लोगों को घर द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कृतसंकल्प है कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के थुरल नागरिक अस्पताल में आज डिजिटल एक्स रे व आधुनिक अल्ट्रासांउड मशीन के उदघाटन अवसर पर उन्होंने ये बात कही विपिन परमार ने कहा कि चिकित्सा संस्थानों और मैडिकल कॉलेज में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और स्वास्थ्य संस्थानों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जा रहा है इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने रक्तदान शिविर और मल्टीस्पेशिलिटी कैम्प का शुभारम्भ किया बाद में विपिन परमार ने ननाओं में जनसमस्याएं भी सुनीं और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने सेवा सप्ताह के तहत आज शिमला के अंतर्राज्यीय बस अड्डे ट्रटीकंडी में स्वच्छता अभियान का शुभारम्भ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक के बहिष्कार से प्लास्टिक कचरे में कमी आएगी और इससे होने वाली बीमारियों से भी बचाव होगा गोविंद ठाक्र ने लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक किया और सिंगल यूज प्लास्टिक का करें बहिष्कार संदेश वाले कपड़े से बने बैग भी वितरित किए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा सप्ताह के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है

मारकंडा कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने आज लाहौल स्पिति जिले में चन्द्रा नदी पर निर्माणाधीन मूलिंग पुल के निर्माण कार्य का जायजा लिया उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने पुल निर्माण में खामियों की बात कही है और इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं मारकंडा ने कहा कि जब तक इन कमियों को दूर नहीं किया जाता तब तक पुल का उदघाटन नहीं किया जाएगा

एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने की अपील की है उन्होंने लोगों को माई गॉव ओपन फोरम या नमोऐप पर अपने विचार भेजने के लिए आमंत्रित किया है

सीमा शुल्क घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने ओपन सेल टीवी पैनल के आयात पर लगे पांच प्रतिशत सीमा शुल्क को हटा दिया है सरकार के इस फैसले से टीवी पैनल की कीमत लगभग तीन प्रतिशत कम करने में भी मदद मिलेगी कंज्यूमर इलेक्ट्रानिक्स एंड अप्लाइंसेज निर्माता संघ सहित अनेक टीवी निर्माताओं ने सरकार से ऐसे पैनल पर लगे पांच प्रतिशत सीमा शुल्क को हटाने का अनुरोध किया था

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश दड़ोच ने आयुष्मान पखवाड़े के तहत बिलासपुर में आज एक बैठक में ये जानकारी दी उन्होंने लोगों से जल्द से जल्द गोल्डन कार्ड बनवाकर इस सुविधा का लाभ लेने का आग्रह किया